रेलवे कर्मचारियों के लिए अठहत्तर दिन के बोनस की भी स्वीकृति उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई अट्ठारह अक्टूबर तक पूरी करने की तय की समय सीमा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले अव्यादेश को मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में कहा कि ई सिगरेट के युवाओं पर दृष्प्रभाव को देखते हुए यह अध्यादेश लाया गया यह निर्णय युवाओं पर ई सिगरेट के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए लिया गया है अमरीका में इसके दुष्प्रभावों के आंकड़े हमे बड़ी संख्या में मिले हैं

यह चौंकाने वाली बात है कि कम उम्र के स्कूली बच्चे भी ई सिगरेट का सेवन कर रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव का शिकार हो रहे हैं अध्यादेश में प्रतिबंध का पहली बार उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है ई सिगरेट वैटरी चालित उपकरण है जो निकोटीन युक्त पदार्थ को गर्म करके एयरोसोल पैदा करता है जिससे नशा होता है ई सिगरेट पर प्रतिबंध से जनता विशेषकर बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सकेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को अठहत्तर दिन के बोनस को भी मंजूरी दे दी

उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई की अंतिम तारीख अट्ठारह अक्टूबर तय कर दी है प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायधीशों की संविवान पीठ छः अगस्त से मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है न्यायालय ने सभी पक्षकारों के वकीलों से बहस पूरी करने के लिये अनुमानित समय के बारे में जानकारी मांगी थी शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विवाद के पक्षकार अगर मध्यस्थता से मामला हल करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन अदालत ने पक्षकारों को यह स्पष्ट कर दिया कि अगले महीने की अट्ठारह तारीख तक दैनिक सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए ताकि न्यायाधीशों को अपना फैसला लिखने के लिए चार सप्ताह का समय मिल सके शीर्ष न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए बनी तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था यह समिति किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहंच सकी थी प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हदय नारायण दीक्षित चौबीस से उन्तीस सितम्बर तक युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित छ दिवसीय चौंसठवें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे सम्मेलन में विधान सभाओं के प्रमुख सविवों के साथ भारत के सभी राज्य विधान समाओं और केन्द्र शासित प्रदेश की विधान समाओं के अध्यक्ष भाग लेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष श्री दीक्षित के साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह एवं विशेष कार्याधिकारी पंकज मिश्र जायेंगे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे श्री दीक्षित चौंसठवें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में तेजी से हो रहे शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों के निरंतर पलायन से निपटने के मुद्दे पर सत्ताईस सितम्बर को सी पी सी को सम्बोधित करेंगे सी पी सी का आयोजन लंदन मुख्यालय के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से किया जा रहा है

यह समिति समय समय पर विभिन्न चरणों में सरकार को विषयवार अपने सुझाव देगी

मुख्यमंत्री श्री योगी ने इस अवसर पर कहा कि इस क्षेत्र में विकास के लिए वायो फ्यूल प्लान्ट का शिलान्यास किया गया है इस क्षेत्र के लोगों की वर्षो पुरानी आशाओं को पूर्ण करने का कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया कि यह परियोजना दो चरणों में पूर्ण होगी प्रथम चरण में लगभग एक सौ पचास करोड़ रूपये की लागत से कॉम्रेस्ड वायो गैस संयत्र की स्थापना की जायेगी जो प्रतिदिन दो सौ टन भूसे के साथ मवेशियों का गोबर गन्ने का अपशिष्ट लेकर ईयन का निर्माण करेगा

उन्होंने कहा कि किसानों के फसलों एव मवेशियों के गोबर आदि का भी मूल्य प्राप्त होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे को लिंक एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काफी सुविधा होगी इस अक्सर पर केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा उन्नीस हजार करोड़ रूपये की परियोजनाएं गोरखपुर जनपद में दी गयी है और दो हजार इक्कीस तक गोरखपुर के खाद कारखाने को संचालित कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि गोरखप्र में वायो प्यूल सयंत्र की स्थापना हो जाने से गोरखप्र में पुआल कचरे आदि से उर्जा बनेगी और हमारा अन्नदाता अब उर्जादाता बनेगा उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है

इस अवसर पर उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है लोक निर्माण विभाग के कार्यों की चर्चा करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि समस्त संसदीय क्षेत्रों जनपदों में एक नये राज्यमार्ग का निर्माण किया जा रहा है इस योजना में सड़सठ राज्यमार्गो का चयन कर लिया गया है जिनकी लम्बाई पांच हजार छः सौ किलोमीटर है उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रतिभाशाली छात्रों टॉप ट्वन्टी के घरों तक ही नहीं बल्कि उनके स्कूलों तक भी सड़के बनायी जायेंगी उन्होने यह भी घोषणा की कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दो सेतु बनाये जायेंगे श्री मौर्य ने कहा कि डिजिटलीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने प्रथम स्थान हासिल किया है प्रदेश में कई भागों में भारी बारिश और विभिन्न बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों के तत्काल सहायता राशि बांटने का आदेश दिया है उन्होंने बलिया जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये बाढ़ पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएं मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ की गम्मीरता को देखते हुये लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ अधिकारियों को पूरी चौकसी बरतने के निर्देश दिये हैं गंगा नदी प्रयागराज वाराणसी गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से ऊपर है जबकि तीन अन्य स्थानों पर खतरे के निशान के करीब है वहीं यमुना नदी का जल स्तर औरैया कालपी हमीरपुर चिल्लाघाट बांदा में खतरे के निशान से ऊपर है नैनी प्रयागराज में खतरे के निशान से नीचे लेकिन बढ़ाव पर है घाघरा शारदा और बेतवा नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है उधर क्शीनगर में बूढ़ी गंडक तमकुहीराज क्षेत्र में चेतावनी बिन्दु के पार बह कर तटवर्ती क्षेत्रों में कटान कर रही है अयोध्या जनपद में सरयू का जलस्तर तटीय क्षेत्रों में गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है चन्दौली जनपद में वर्षा के दौरान कल आकाशीय दिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अच्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रमावित लोगों की मदद करने का आहवान किया है